प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक पहंच चुके हैं उनका मानस हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री पूर्ण सत्र को सम्बोधित करेंगे और क्षेत्रीय सहयोग तथा विकास के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष सूरोनवे जीनबेकोफ और अनेक विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शिखर सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों बदलते तथा अस्थिर होते विश्व से जुड़े मुद्दों क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्त और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श किया बाद में वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र और जलवाय परिवर्तन के विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेंगी वित्तमंत्री पांच जुलाई को बजट प्रस्तुत करेंगी इससे पहले निर्मला सीतारामन ने कृषि उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया था केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है यह विवेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा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 ये विवेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाना है सरकार के इस प्रयास से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों की तरफ आकर्षित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औद्यानिक फसलों और खादय प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है मुख्यमंत्री कल शाम लखनऊ में लोकभवन में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लागू की जा रही समी योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय श्री योगी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की अधिक से अधिक स्थापना की जाय प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसानों को आछादित किए जाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने पौध बीज उत्पादन के लिए ढांचागत विकास फल पुष्प और मसाला क्षेत्र विस्तार बागो के जीर्णोद्वार सेन्टर आफॅ एक्सीलेंस बागवानी में आधुनिकता मानव संसाधन विकास तथा पोस्ट हार्येस्ट प्रबंधन की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आलू के सम्बंध में कार्ययोजना बनाकर तैयारी कर ली जाय जिससे किसानों और आलू उत्पादकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजनाथ सिंह सूर्य का आज लखनऊ में निधन हो गया

श्री सूर्य विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे और ये जाने माने स्तंभकार थे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है अनन्तनाग में कल हुए आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के दो जवानों को राज्य सरकार पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहीदो की स्मृति में इनके गृह जिले में एक सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जायेगा